हैदराबाद के दिशा द्वष्कर्म और हत्या मामले के चारों आरोपी आज तड़के मारे गए साइबराबाद के पूलिस आयुक्त सज्जनार ने बताया कि अपराध की छानबीन के लिए पुलिस चारों आरोपियों को घटनास्थल पर ले गई थी जहां उन्होंने भागने की कोशिश की बार बार चेतावनी के बावजूद जब आरोपी नहीं रुके तो पुलिस को गोली चलानी पड़ी बिहार राज्य महिला आयोग की टीम ने बक्सर में पिछले दिनों एक यूवती की अधजली लाश मिलने के मामले की घटनास्थल पर पहुंच कर जांच की आयोग की अध्यक्ष दिलमणि मिश्र ने पुलिस अधीक्षक उपेन्द्र नाथ वर्मा के साथ मुलाकात कर इस मामले में अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी भी ली राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बाल यौन अपराध संरक्षण कानून पोक्सो के तहत दुष्कर्म के दोषियों को दया याचिका के अधिकार की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता जतायी है आज राजस्थान के मांउट आबू में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री कोविंद ने द्रष्कर्म की बढ़ रही घटनाओं पर गहन चिंता जतायी

उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार ही नहीं बल्कि पूरे समाज की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हालिया दिनों में दुष्कर्म की बढ़ रही घटनाओं पर गंभीर चिंता जतायी है आज गोपालगंज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि ऐसी घटनाओं के लिए कहीं न कहीं पॉर्न साईट्स भी जिम्मेदार है उन्होंने कहा कि वे केन्द्र सरकार को ऐसे साईट्स को पूरी तरह बंद करने के लिए पत्र लिखेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग सोशल साईट्स का दुरूपयोग करते हैं जिसके प्रति भी सावधानी बरतने की जरूरत है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि शिक्षा और समान अवसर उपलब्ध कराकर समाज से लैगिंक असमानता को दूर किया जा सकता है श्री मोदी पटना में लैगिंक असमानता को दूर करने पर आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है श्री मोदी ने कहा कि सरकार महिलाओं पर केन्द्रित उनतालीस योजनाओं पर नौ हजार तीन सौ छत्तीस करोड़ रूपये खर्च कर रही है केन्द्र सरकार ने देश भर के थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाने के लिए निर्भया कोष से सौ करोड़ रुपये मंजूर किये हैं गृह मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि महिला हेल्प डेस्क पुलिस थाने को महिलाओं के लिए और अधिक सहायक तथा सुगम बनाने पर केन्द्रित होगा पुलिस चौकी पहुंचने वाली किसी महिला के लिए यह पहला और एकल संपर्क केन्द्र होगा इस सहायता डेस्क पर अनिवार्य रुप से महिला पुलिस अधिकारी को तैनात किया जायेगा झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत याचिका खारिज कर दी है याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई के वकील ने कहा कि इस मामले में उन्हें सात साल जेल की सजा हुई है और इसकी आधी अवधि भी उन्होंने पूरी नहीं की है राजद अध्यक्ष ने अपनी उम्र और बीमारियों का हवाला देते हुए झारखंड उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी पटना उच्च न्यायालय ने छपरा जेल की दयनीय स्थिति की तीन सदस्यीय कमिटी से जांच कराने का आदेश दिया है मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने एक लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जेल की जांच के लिये अधिवक्ताओं की एक कमिटी का गठन किया खंडपीठ ने कमिटी को दस दिसम्बर तक जांच रिपोर्ट देने का आदेश दिया है मामले में अब अगली सुनवाई दस दिसम्बर को होगी केन्द्र सरकार ने कहा है कि गंगा विश्व की दस सबसे स्वच्छ नदियों में से एक हो गयी है नई दिल्ली में चौथे भारत जल प्रभाव सम्मेलन को संबोधित करते हुए जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने गंगा को स्वच्छ बनाने में सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया उन्होंने कहा कि केन्द्र गंगा की स्वच्छता और अविरल प्रवाह के लिए प्रतिबद्ध है कृतज्ञ राष्ट्र ने आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेदकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी पटना में हाईकोर्ट के पास आयोजित राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य सहित अनेक गणमान्य लोगों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर प्रष्पांजलि अर्पित की पटना के दारोगा राय पथ रिथत गौतम बुद्ध विहार में इस अवसर पर शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने धम्म सम्मेलन और बुद्ध विहार भवन का उद्घाटन किया इस अवसर पर बौद्ध भिक्षुओं द्वारा विश्व शांति के लिए प्रार्थना की गयी जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गयी बाल अधिकार संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से पत्र सूचना कार्यालय पटना और यूनिसेफ की ओर से पटना में हक बच्चों का साथ मीडिया का विषय पर राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यशाला को संबोधित करते हुए सूचना और जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि बच्चों के अधिकारों के संरक्षण की दिशा में मीडिया की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है उन्होंने कहा कि बाल श्रम के उन्मूलन और आम लोगों को बाल अधिकारों के प्रति और अधिक संवेदनशील बनाने के लिए मीडिया को आगे आना चाहिए इस अवसर पर पीआईबी पटना के अपर महानिदेशक एसके मालवीय ने कहा कि बाल अधिकार का संरक्षण समाज के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इस दिशा में जागरुकता लाने के लिए मीडिया को हर संभव सहयोग करना चाहिए मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो से तीन दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई अधिक अंतर नहीं आयेगा हालांकि सुबह के समय प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्का कोहरा छाये रहने की संभावना है आज फारबिसगंज सुपौल और डिहरी साढ़े आठ डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ प्रदेश के सबसे ठंडे स्थान रहे पटना का न्यूनतम तापमान बारह दशमलव पांच गया का नौ दशमलव चार भागलपुर का तेरह दशमलव पांच और पूर्णिया का बारह दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया बिहार गृह रक्षा वाहिनी का तिहतरवां स्थापना आज दिवस समारोहपूर्वक मनाया गया इस अवसर पर पटना के बिहटा स्थित केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान में विशेष समारोह का आयोजन हुआ जहाँ बिहार गृह रक्षा वाहिनी के महा समादेष्टा आरके मिश्रा ने रंगारंग परेड की सलामी ली समरोह को संबोधित करते हुए उन्होंने गृह रक्षकों के योगदान को महत्वपूर्ण बताया समस्तीपुर नगर थाना क्षेत्र के मगरदही घाट से पुलिस ने ट्रक पर लदी तीन सौ तेईस कार्टन विदेशी शराब के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है वहीं गोपालगंज से तीन और पूर्णिया से एक तस्कर को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया गया दूसरी तरफ जमुई जिले के चंद्रदीप थाना क्षेत्र के छतियनी गांव से पुलिस ने महुआ शराब के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है खगड़िया स्थित पोक्सो की विशेष अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के एक मामले में दोषी को उम्रकैद और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है शेखप्रा के अनुमंडल पदाधिकारी ने उपभोक्ताओं को समय पर राशन कार्ड उपलब्ध नहीं कराने के मामले में जिले के तीन प्रखंड विकास पदाधिकारियों पर एक एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है नवादा जिले के रजौली में वन विभाग की टीम ने लगभग दस लाख रुपये मूल्य की कीमती लकड़ी जब्त की है सहरसा जिले के बसनही थाना क्षेत्र अंतर्गत महुआ मुसहरी में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने दो युवकों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है सारण जिले के छपरा थाना क्षेत्र से पुलिस ने छह अपराधियों को दो देशी पिस्तौल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है